मतदान प्रतिशत प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान आज शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गया

मतदान नेता वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने परिवार सहित सराज विधानसभा क्षेत्र के भराड़ी मतदान केन्द्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया उन्होंने प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान होने और प्रदेशवासियों का मतदान में बढ़चढ़ कर भाग लेने के लिए आभार जताया मुख्यमंत्री ने एक बार फिर भाजपा की जीत का दावा किया वरिष्ठ भाजपा नेता व केन्द्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर जबकि हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने समीरपुर में अपने परिवार सहित वोट डाले भाजपा नेता महेन्द्र सिंह ठाक्र ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत रिछली जबकि मंडी संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा ने जोगिन्द्रनगर के जलपेहड़ में वोट डाला भाजपा नेता व मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के क्यारियां बूथ में मतदान किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला के जाखू आनंद शर्मा ने कलस्टन मतदान केंन्द्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया भाजपा नेता सुरेश भारद्वाज ने छोटा शिमला प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने उना सदर के टब्बा मतदान केंद्र में वोट डाला जबकि कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली क्षेत्र के गोंदपुर जयचंद में अपने मताधिकार का प्रयोग किया श्याम सरण देश के पहले मतदाता श्याम सरण नेगी ने किन्नौर ज़िले के कल्पा में अपने परिवार के साथ मतदान किया जिला प्रशासन ने रेड कारपेट बिछाकर पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों के बीच उनका स्वागत किया ज़िला निर्वाचन अधिकारी गोपाल चंद ने श्याम सरण नेगी को शॉल व टोपी पहनाई श्याम सरन नेगी ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करना सभी का कर्तव्य है

च्नाव आयोग की यूथ आइकन दृष्टिबाधित छात्रा मुस्कान ने रोहड् सिंदासली में ब्रेल लिपि के माध्यम से मतदान किया मण्डी मतदान मण्डी ज़िले में मतदान को लेकर बुजुर्गों युवाओं सहित सभी वर्ग के लोगों में भारी उत्साह देखा गया मण्डी से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हआ जनमानस में लोकतंत्र के इस महापर्व के प्रति काफी उत्साह देखने को मिला लोग गर्म मौसम के चलते सुबह से ही पोलिंग ब्रथों पर कतारबद्ध नजर आए पहली बार मतदान डालने वाले यूवा अति उत्साहित दिखे वहीं सौ साल की गलासो देवी ने जोगिन्दनगर के कलहल बृथ पर वोट डाला करसोग तहसील के गांव तलैहण में एक ही परिवार के तीन दृष्टिहीन सगे भाईयों ने बोधराज ओम प्रकाश और कर्मचंद ने ब्रेल लीपि के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया कुछ पोलिंग बुथों पर ईवीएम मशीनों के खराब होने की भी जानकारी मिली है जिन्हें समय पर बदल दिया गया

सिरमौर मतदान शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत सिरमौर ज़िले में मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है नाहन से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन विभाग ने विशेष प्रबंध किए

इस बार चुनाव आयोग ने दिव्यांगों के लिए पालकियों का इंतजाम किया था और इसके माध्यम से नरेश को मतदान केंद्र तक लाने की व्यवस्था की गई करीब एक किलोमीटर तक पैदल सफर के बाद नरेश को मतदान केन्द्र पहंचाया गया वोट डालने के बाद दिव्यांग नरेश के चेहरे पर खुशी साफ देखी गई आकाशवाणी समाचार के लिए नाहन से शैलेन्द्र कालरा सोलन मतदान सोलन से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया प्रत्यक्ष पारदर्शी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करने में आयोग का प्रयास शिमला लोकसभा में सफल दिखाई दिया

कुल्लू मतदान उधर कुल्लू जिले में कुछ मतदान केन्द्रों पर ईवीएम में खराबी के चलते मतदान शुरू होने में देरी हुई हमारे प्रतिनिधि के अनुसार पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में खासा उत्साह देखा गया मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत पड़ने वाले कुल्लू जिला मे लोकसभा चुनावो को लेकर लोगों मे आज खासा उत्साह देखा गया प्रशासन द्वारा मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे परंतु फिर भी कुछ बूथों पर ईवीएम मे खराबी के चलते मतदान देरी से शुरू हुआ

मनाली मे एक दूल्हे ने मंडप मे जाने से पहले बारातियो संग मतदान किया प्रादेशिक समाचार के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा

हमारे हमीरपुर प्रतिनिधि ने बताया है कि लोकसभा चुनाव के लिए पहली बार वोट डालने वाले युवा बेहद उत्साहित नज़र आए

जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली सूबह से ही विभिन्न मतदान केन्द्रों पर लम्बी कतारें देखने को मिलीं

चम्बा मतदान चम्बा से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार मतदान करने में पुरूषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या अधिक रही एक रिपोर्ट कड़ी सुरक्षा के बीच आज जिला चम्बा में मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न करवाया गया सुबह से ही मतदाता मतदान को लेकर उत्साहित थे तथा फसलों का काम छोड़कर सबसे पहले अपने मत का प्रयोग किया

वहीं युवा वर्ण ने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाई आकाशवाणी समाचार के लिए चंबा जिला से विकास ठाक्र बहिष्कार चंबा जिले के पांच मतदान केन्द्रों में मांगे पूरी न होने से नाराज लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया भटियात विधानसभा क्षेत्र के रखैड़ धामग्रां और चुराह विधानसभा क्षेत्र के साहू व ज्योरी में सड़क की समस्या के चलते लोगों ने वोट नहीं डाले लंगेरा में लोगों ने मोबाइल टॉवर लगाने को लेकर अपना विरोध जताया ज्वांस पंचायत के बसुआ मतदान केन्द्र में लोगों ने चक्का जाम किया हालांकि बाद में उन्होंने अपने मतदान का प्रयोग किया दूसरी ओर स्पीति घाटी के सीमावर्ती गांव ग्यू में भी लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया लोगों का कहना है कि क्षेत्र में भूमि कटाव की समस्या लंबे समय से बरकरार है और सरकार ने इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया है युवा वोटर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान युवा मतदाताओं में मतदान के प्रति विशेष उत्साह देखा गया युवाओं का मानना है कि लोकतंत्र की मज़बूती के लिए सभी को मतदान प्रक्रिया में बढ़चढ़ कर भाग लेना चाहिए

मृतकों में किन्नौर ज़िले के सपरी के विनीत कुमार सोलन जिले में अर्की के देवी सिंह और मनाली के लोटराम शामिल हैं

मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने भी इन व्यक्तियों के निधन पर दुख जताते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है रोहतांग लाहौल स्पीति का प्रवेशद्वार रोहतांग दर्रा आज सुबह यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है

कुल्लू के उपायुक्त युनुस ने बताया कि फिलहाल दर्रे से छोटे वाहनों को गुज़रने की अनुमति दी गई है उन्होंने कहा कि रोहतांग दर्रे को खोलने के कार्य में सीमा सड़क संगठन ने कड़ी मेहनत की है और संगठन इसके लिए बधाई का पात्र है